प्रदेश के बाढ़ प्रभावित पन्द्रह जिलों की स्थिति और गंभीर हो गयी है इन जिलों में लगभग बाईस लाख से अधिक की आबादी प्रभावित है राहत और बचाव कार्य के लिए एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की पच्चीस टीमों को लगाया गया है इधर केन्द्रीय जल आयोग के अनुसार प्रदेश की अधिकतर नदियां खतरे के निशान से ऊपर है गंगा नदी कहलगांव से लेकर पटना तक लाल निशान से ऊपर है हालांकि बक्सर में नदी का जलस्तर खतरे के निशान से छियासठ सेंटीमीटर नीचे है पटना के मनेर में सोन नदी लाल निशान से ऊपर है वहीं बूढ़ी गंडक खगड़िया में बागमती नदी रून्नी सैदपुर में अधवारा समूह की नदियां दरभंगा के कमतौल में कोसी खगड़िया के बलतारा और कटिहार के कुरसेला में तथा परमान नदी अररिया में खतरे के निशान से लगातार ऊपर बह रही है प्रदेश में अत्यधिक बारिश के कारण उत्पन्न बाढ़ की स्थिति की समीक्षा के लिए छह सदस्यों वाली केन्द्रीय टीम आज पटना पहुंच गयी है इस टीम का नेतृत्व केन्द्रीय गृह मंत्रालय के संयुक्त सचिव जी रमेश कुमार कर रहे हैं टीम में अलग अलग मंत्रालयों के सदस्य शामिल हें यह टीम पटना सहित राज्य के विभिन्न बाढ़ग्रस्त जिलों की स्थिति का आकलन कर अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपेगी यह दल राज्य सरकार के उच्चाधिकारियों के साथ बैठक भी करेगा पिछले दिनों भी एक केन्द्रीय दल ने प्रदेश के बाढ़ प्रभावित जिलों का दौरा किया था पटना में पुनपुन नदी का जलस्तर खतरे के निशान से तीन मीटर इकसठ सेंटीमीटर ऊपर चला गया है वर्ष उन्नीस सौ पचहत्तर के बाद नदी के जलस्तर में इतनी बढ़ोतरी देखी गयी है केन्द्रीय जल आयोग से प्राप्त जानकारी के अनुसार नदी का जलस्तर अभी स्थिर बना हुआ है इधर रिंग बांध से हो रहे पानी के बहाव के कारण पुनपुन बाजार सहित आसपास के कई इलाकों में बाढ़ का पानी फैल गया है पटना सदर प्रखंड के माधोपुर और फतेहपुर गांव के बीच सुरक्षा बांध में दरार आ गयी है जिससे पटना सिटी के जल्ला क्षेत्र में पानी भर गया है पटना के जिलाधिकारी कुमार रवि ने बताया कि प्रभावितों के बीच राहत और बचाव कार्य चलाया जा रहा है

पुनपुन और परसा बाजार के बीच रेल पुल संख्या इक्कीस पर बाढ़ का पानी के आ जाने के कारण आज दूसरे दिन भी पटना गया रेलखंड पर ट्रेनों का परिचालन बंद है वहीं दूसरी तरफ नालंदा जिले के बिहारशरीफ और वेना के बीच इमलीबिगहा हॉल्ट के पास रेल पुल संख्या तिरपन पर बाढ़ का पानी आ जाने से बख्तियारपुर राजगीर रेल मार्ग पर भी कल से ही रेल परिचालन बंद है इन दोनों ही रेल मार्गों पर कल तक ट्रेनों का परिचालन बंद रहेगा पटना गया लाईन पर सभी गया पटना पैसेंजर ट्रेनों का परिचालन रद्द कर दिया गया है इसके अलावा तिलैया दानापुर पैसेंजर राजगीर बख्तियारपुर पैसेंजर गया किउल पैसेंजर राजगीर दानापुर पैसेंजर ट्रेन का परिचालन भी रद्द रहेगा वहीं गया से खुलने वाली गया पटना मेमू ट्रेन का आंशिक समापन करते हुए इसे पुनपुन तक चलाया जायेगा वहीं रांची पटना जनशताब्दी एक्सप्रेस पूर्णियां कोर्ट हटिया कोसी एक्सप्रेस पटना बरकाकाना पलामू एक्सप्रेस इस्लामपुर हटिया एक्सप्रेस पटना धनबाद गंगा दामोदर एक्सप्रेस पटना भभुआ इंटरसिटी एक्सप्रेस श्रमजीवी एक्सप्रेस और राजगीर दानापुर इंटरसिटी एक्सप्रेस का परिचालन कल परिवर्तित मार्ग से किया जायेगा पटना के जलजमाव वाले क्षेत्रों से जल निकासी का काम लगातार जारी है कंकड़बाग कदम कुंआ नाला रोड दरियापुर और संदलपुर में स्थिति अब धीरे धीरे सामान्य होने लगी है हालांकि अभी भी राजेन्द्रनगर बाजार समिति काजीपुर पाटलिपुत्र कॉलोनी गोला रोड और दानापुर के कुछ इलाकों में भीषण जलजमाव की स्थिति बनी हुई है पानी के सड़ने के कारण महामारी की आशंका बढ़ गयी है पटना नगर निगम ने प्रभावित इलाकों में ब्लींचिग पाउडर एंटी लार्वा और फॉगिंग के लिए पहचहत्तर टीमों को लगाया है प्रभावितों के बीच राहत सामग्री का वितरण भी लगातार जारी है लगभग सभी क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति शुरू कर दी गयी है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज पटना जहानाबाद और अरवल जिले में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण किया श्री कुमार ने बाढ़ से हुई उत्पन्न स्थिति को लेकर वरिष्ठ अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की उन्होंने पूनपून नदी के जलस्तर पर विशेष नजर बनाये रखने और राहत तथा बचाव कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिये सिक्किम सरकार ने मूख्यमंत्री राहत कोष में पच्चीस लाख रूपये का अंशदान दिया है सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग के सचिव विकास बसनेट ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के प्रधान सचिव चंचल कुमार को इस राशि का चेक सोंपा प्रदेश में अब जमीन की जमाबंदी कायम किये बिना खरीद बिक्री नहीं की जा सकेगी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिमंडल की हुई बैठक में इस आशय के प्रस्ताव को स्वीकृति दी गयी इसके अलावा कैबिनेट ने अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए चार और अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए दो आवासीय विद्यालयों के निर्माण के लिए इक्यावन करोड़ रुपये की मंजूरी दी है हाल ही में पटना में देश के दूसरे और प्रदेश के पहले महिला डाकघर की शुरूआत की गई है महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश के प्रत्येक मंडल में एक महिला डाकघर खोला जाएगा बिहार के पोस्टमास्टर जनरल अनिल कुमार ने आकाशवाणी को बताया कि आगामी दो से तीन महीनों में इसके लिए प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी

इस सीट के लिए विपक्ष ने अपना उम्मीदवार नहीं दिया है श्री दूबे ने आज अपना नामांकन दाखिल कर दिया नामांकन के समय भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल पार्टी के वरिष्ठ नेता और केन्द्रीय मंत्री अश्विनी कुमार चौबे वरिष्ठ नेता और उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी और जदयू के श्रवण कुमार उपस्थित थे

दिल्ली स्थित पार्टी मुख्यालय में उनके प्रतिनिधि के तौर पर विधान पार्षद संजय गांधी ने नामांकन दाखिल किया इस पद के लिए नीतीश कुमार का निर्विरोध निर्वाचन तय माना जा रहा है क्योंकि किसी और ने नामांकन पत्र नहीं दाखिल किया है शारदीय नवरात्र के छठे दिन आज वैदिक मंत्रोच्चार के बीच देवी दूर्गा के कात्यायनी स्वरूप की पूरे विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की जा रही है मान्यता है कि इनकी आराधना से रोग शोक और संताप का हरण होता है

प्रतिबंधित नक्सली संगठन भारत की कम्यूनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी लेनिनवादी के सक्रिय सदस्य समीर ने आज गया के वरीय पुलिस अधीक्षक राजीव मिश्र के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया एसएसपी ने कहा कि आत्मसमर्पण करने वाले नक्सली को मुख्यधारा में लौटने के लिए सरकार के नीति के अनुरूप हर सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी केन्द्रीय चयन पर्षद सिपाही भर्ती ने बिहार पुलिस में कांस्टेबल के ग्यारह हजार आठ सौ अस्सी पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किया है विशेष जानकारी पर्षद् की वेबसाइट सी एस बी सी डॉट बी आई एच डॉट एन आई सी डॉट इन पर उपलब्ध है राष्ट्रीय जनता दल ने भीषण बारिश और बाढ़ को देखते हुए राज्यपाल फागू चौहान से पन्द्रह अक्टूबर को होने वाली बिहार लोक सेवा आयोग की पैंसठवीं संयुक्त प्रारंभिक परीक्षा स्थगित करने की मांग की है छात्र संगठनों ने भी वर्तमान स्थिति को देखते हुए परीक्षा तिथि को आगे बढ़ाने का आग्रह किया है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने प्रदेश के पांच सौ कॉलेजों से इंटरमीडिएट की मान्यता के संबंध में नोटिस जारी किया है बोर्ड द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि इन कॉलेजों की मान्यता खत्म हो चुकी है इसलिए उन्हें इस संबंध में कार्यालय में साक्ष्य जमा करने होंगे

पन्द्रह जिलों में बाईस लाख से अधिक आबादी प्रभावित